देश विदेश के प्रतिनिधि ले रहे है हिस्सा

केन्द्र सरकार ने किया स्पष्ट

इन कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ही यहां एक दिसम्बर को पुनः मतदान कराना पड़ा था इस मामले में मौहरी के पीठासीन अधिकारी देन सिंह परस्ते मतदान अधिकारी धीरज सिंह उरैती दलबीर लाल बैगा और चन्द्र भान सिंह को निलंबित कर दिया गया

आज खुरई के कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक अरूणोदय चौबे ने मीडिया के सामने चुनाव के दौरान हुई गड़बड़ियों के लिए जिला कलेक्टर आलोक सिंह को दोषी ठहराया और मतगणना के पहले उन्हें हटाने की मांग की उन्होंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग और सागर कमिश्नर से भी की है इस मामले में प्रशासन ने एक नायब तहसीलदार की लापरवाही को मानते हुए निलंबित कर दिया है इस मामले की जांच चुनाव आयोग भी कर रहा है राज्य के गृहमन्त्री भूपेंद्र सिंह यहीं से चुनाव लड़ रहे है

कार्यक्रम के दौरान विशेष बैठकों शैक्षणिक सत्रों का आयोजन किया गया है जिसमें देश विदेश से आए प्रतिनिधि एवं प्रवक्ता हिस्सा ले रहे हैं इस अवसर पर मध्यप्रदेश टूरिज़म बोर्ड के पर्यटन प्रमुख सचिव एवं प्रबंध संचालक हरिरंजन राव ने आकाशवाणी को बताया कि ये प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि इस कार्यक्रम आयोजन भोपाल में किया जा रहा है

इसके तहत पर्यटकों को ऐसा माहौल मुहैया कराया जाएगा जिससे वे स्थानीय परिवेश से जुड़ाव महसूस कर सकें एडवेंचर नेक्स्ट के सीईओ शेनन स्टोवैल ने कहा कि मध्यप्रदेश में एडवेंचर टूरिज़्म की अपार संभावनाएं हैं एडवेंचर नेक्स्ट ने देश के धार्मिक हेरिटेज पौराणिक ऐतिहासिक स्थलों वन्यजीवन एवं खूबसूरत आर्कीटेक्चर पर रोशनी डाली इस अवसर पर उपस्थित लोगों के लिए कई गतिविधियों का आयोजन किया और पत्रिकाएं पेश की गईं

प्रतिनिधी मंडल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अहमद पटेल विवेक तन्खा और कपिल सिब्बल शामिल थे कांग्रेस ने मांग की है कि मतगणना के दौरान हर राउंड के बाद उसका सर्टिफिकेट जारी किया जाए

ग़ह सचिव ई वीज़ा केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गॉबा ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य एक ऐसी सरल वीज़ा प्रणाली स्थापित करनी है जिससे विदेशी सैलानियों को भारत आने और ठहरने में कोई दिक्कत न हो

हुड़ताल केंद्र सरकार द्वारा भारत के छह विमानतलों के निजीकरण करने की मंजूरी देने के विरोध में आज इंदौर में एयरपोर्ट अथॉरिटी कर्मचारी यूनियन के कर्मचारियों ने विमानतल पर धरना प्रदर्शन किया एयरपोर्ट अथॉरिटी कर्मचारी यूनियन के सचिव रामस्वरुप यादव ने बताया कि सरकार ने देश के छह विमानतल अहमदाबाद जयपुर गुवाहाटी मैंगलोर लखनऊ और त्रिवेंद्रम को निजी सहभागिता पीपीपी मॉडल के नाम पर निजीकरण की मंजूरी दी है श्री यादव ने आरोप लगाया कि यह कदम हमारे साथ अन्याय है

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इसमें बदलाव किए जाने की खबरें निराधार हैं वर्तमान में एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी पहल योजना के तहत सीधे उपभोक्ताओं के खाते में हस्तांरित की जाती है

राजभवन की ओर से एक सोशल मीडिया मंच बनाया गया है इसके लिये राज्यपाल ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि लोग सोशल मीडिया के जरिये उनसे जुड़ सकते हैं इसके लिये नाम मोबाइल नम्बरवाटसअप नम्बर फेसब्क और टिवटर लिंक जैसी जानकारियां मांगी गई है श्रीमती पटेल ने कहा कि इसके जरिये वे ना केवल लोगों की समस्यायें जान पायेंगी बल्कि उनका समाधान भी कर पायेंगी राज्यपाल इससे पहले भी कई नये प्रयोग कर चुकी हैं

साथ ही नई सरकार को लेकर कयास लगाये जा रहे हैं

हमारे गुना संवाददाता ने बताया कि जिले में गुलाबी ठंड शुरू हो गई है

उन्हें यह सम्मान उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू ने प्रदान किया